नगर पालिका परिषद् धनपुरी उमरिया अनूपपुर और नगर परिषद नरवर साँची चुरहट और भैंसदेही में आम निर्वाचन प्रस्तावित हैं

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुनीता त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रशिक्षण एक दिसम्बर को होगा कांग्रेस भूपेन्द्र गुप्ता कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव से ईवीएम मशीनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी इन्ट्रप्शन से बचाने के लिये स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर जैमर्स लगाये जाने का आग्रह किया है श्री गुप्ता ने एक पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि कई जगहों पर मॉक ड्रिल के दौरान जो वोट ईवीएम में डाले गये हैं उन्हें हटाया नहीं गया है ऐसे में यह पूरी संभावना है कि ईवीएम मशीन के कुल मत बेलेट रजिस्टर से अधिक पाये जायें ऐसी अवस्था में उन्होंने चुनाव आयोग से मांग है कि मतगणना के पूर्व सुस्पष्ट एवं सर्वस्वीकार्य नीति निर्देश जारी कर विभिन्न दलों को सूचित करें चुनाव डयुटी मौत मिंड जिले के गोहद में विघानसभा चुनाव की ड्यूटी के दौरान अस्वस्थ हुए एक कर्मचारी की उपचार के दौरान मौत हो गई गोहद के शासकीय अरविंद महाविद्यालय पोलिंग बूथ पर रिजर्व में तैनात कर्मचारी रामभरोसे को मतदान वाले दिन अचानक पेट में दर्द और घबराहट की समस्या आई जिसके बाद उन्हें ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के दौरान कल कर्मचारी की मौत हो गई कर्मचारी भिण्ड में उपायुक्त सहकारिता में पदस्थ था एसडीएम ने मौत पर दुख जताते हुए कहा कि नियमानुसार कर्मचारी के परिजन की पूरी मदद की जाएगी औद्योगिक क्षेत्र देश में सफाई में नंबर एक बनने के बाद अब इंदौर औद्योगिक क्षेत्रों में भी देश में अव्वल आया है केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय की ओर से देशमर के इंडस्ट्रियल पार्को में बुनियादी ढांचे पर गये सर्वे में इन्दौर के पीथमपुर को पहला स्थान मिला है

सर्वे में पाया गया कि पीथमपुर में इंफ्रास्ट्रक्वर और सुविघाएं सबसे बेहतर स्थिति में हैं वहीं इसी श्रेणी में मोपाल के मंडीदीप को दसवां स्थान मिला है अहमदाबाद का बाटवा दूसरे स्थान पर और तिरूवनंतपुरम का एपरल पार्क तीसरे स्थान पर आया है एक अन्य कैटेगरी इंवायरनमेंट व सेफ्टी मेजरमेंट में भी पीथमपुर के सेज को देश में छठा बेहतर इंडस्ट्रियल पार्क माना गया है

इसके पीछे केंद्र की मंशा है कि हर राज्य में शासन स्तर पर विकसित हो रहे इन पार्कों के बीच बेहतर होने की प्रतिस्पर्धा हो और निवेशकों को भी इसकी जानकारी हो कि कौन सा पार्क कहां पर है

इस अवसर पर उज्जैन में जन जागृति के लिये रैली निकाली जायेगी

विश्व एड्स दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य एचआईवी रोग से पीड़ित मरीजों को ईलाज के लिए प्रेरित करना और लोगों को इस रोक से बचने के तरीकों से अवगत कराना है